इसके बाद उनका गढ़ी में जन संवाद का कार्यकम है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जिले के चार दिन के दौरे पर है उनके दौरे का आज तीसरा दिन है श्रीमती राजे कल दौरे के अंतिम दिन बांसवाड़ा में किसानों के लिये ऋण माफी शिविरों की शुरूआत करेगी

श्री किलक बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा कल से शुरू की जाने वाली राज्य स्तरीय ऋण माफी योजना की तैयारी संबंधी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे

ये बैंक कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे है बैंको ने ग्राहकों से कहा है कि परेशानी से बचने के लिये वे डिजिटल भुगतान करें यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के जयपुर में संयोजक ने बताया कि प्रदेश में सरकारी बैंकों की लगभग पांच हजार शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा

इसके साथ ही राजस्थान माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया जायेगा जो अभियान के कियान्वयन और निगरानी के लिये जिम्मेदार होगी

आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में कल जयपुर में बैठक हुई बैठक में मुख्य सचिव ने आयोजन से संबँधित सभी विमागों को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों को योग दिवस के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने और राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिये

ये पानी केन्द्र सरकार के सहयोग से जलदाय विभाग उपलब्ध करायेगा

पुलिस ने बताया कि देर रात बहरोड़ क्षेत्र में हरियाणा पुलिस पर फायरिंग कर मुण्डावर थाना क्षेत्र में दाखिल हो रहे गौतस्करों की गाड़ी आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की

अदालत ने इन युवकों पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भूगतना होगा

इसके अलावा गाड़ियों की लेटलतीफी और लंबी प्रतीक्षासूची की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने का भरोसा जताया है